ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही उन्होंने कहा कि सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के समग्र विकास के लिए रूसा के अंतर्गत राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया है उन्होंने कहा कि सरदार वल्लम भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय मंडी की स्थापना रूसा के दिशा निर्देशों के अनुसार की गई है

जयराम ठाकर ने अधिकारियों को राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाओं को अक्षरश लागू करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सकें इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत पीटीए पैट और पैरा शिक्षकों के नियमितिकरण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया अवैध खनन मुख्यमंत्री कार्यालय में लोगों की ऑनलाईन शिकायत के बाद चम्बा जिला प्रशासन ने उदयपुर क्षेत्र में अवैध खनन पर प्री तरह से रोक लगा दी है अवैध खनन को रोकने के लिए इस क्षेत्र में एक गेट लगाया गया है जिससे कोई भी बड़ा वाहन नदी किनारे नहीं जा पाएगा कार्रवाई को अंजाम देने के बाद चम्बा के एसडीएम प्रताप सिंह ने बताया कि उदयपुर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अवैध खनन नहीं कर पाएगा और नियमों का उल्लघंन करने पर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि खनन करने के इच्छुक व्यक्ति को लाईसेंस लेना आवश्यक होगा

उन्होंने कहा कि मौसम की मार झेल रहे बागवानों को पहले से ही ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है

उन्होंने राज्य सरकार को सेब के विपणन की उचित व्यवस्था करने की सलाह दी राठौर ने कहा कि नेपाली लेबर को भी यहां लाने की लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है उन्होंने सेब बागवानों की बकाया राशि के तुरंत भुगतान की भी सरकार से मांग की ताकि वे अपने उत्पादों को मंडियों में भेजने की व्यवस्था कर सकें पवन काजल कांग्रेसी विधायक पवन काजल ने सरकार के बिजली बिलों पर दिए जा रहे उपदान की कटौती के फैसले की निंदा की है उन्होंने कोटकवाला और नंदेहड गांव से आए किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा करते हए कहा कि कोरोना महामारी के कारण देश के कई राज्य बिजली के बिल माफ करने पर विचार कर रही है जबोके बिजली के बड़े उत्पादक होने के वाबजूद हिमाचल सरकार आपदा के मौके को अवसर बनाने में जूटी है काजल ने राज्य सरकार से बिजली के बढ़े हुए दाम वापिस लेने की मांग की ताकि जनता को राहत मिल सके वहीं दूसरी ओर सिरमौर जिला के राजगढ़ शहर में भी दूकानदारों ने लॉकडाउन के दौरान बंद रही दूकानों के बिजली के अधिक बिल आने पर नाराजगी व्यक्त की है दुकानदारों का कहना है कि उन्हें बिजली विभाग द्वारा भारी भरकम औसतन बिल थमाए जा रहें है इस पर राजगढ़ उपमंडल विद्युत विभाग के सहायक अभियंता आंशुल का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बिजली की बिलिंग नहीं हो पाई थी और अब सरकार के आदेशानुसार तीन महीने का बिल इक्ट्रठा दिया जा रहा है एनपीएस हिमाचल प्रदेश के एनपीएस के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पुरानी पैंशन प्रणाली बहाल करने का आग्रह किया है एनपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप ठाकूर ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करके प्ररानी पैंशन बहाल करे उन्होंने साफ किया कि एनपीएस से जुड़े कर्मचारी व अधिकारी पुरानी पैंशन बहाली को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे कानूनी सहायता जिला कांगड़ा व ऊना में जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हेल्पलाईन नम्बर जारी किए है कांगड़ा विधिक सेवा प्राधिकरण के अमित मंडयाल और ऊना विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक खनाल ने बताया कि लोग इन नम्बरों पर सम्पर्क कर आवश्यक कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं नियुक्ति प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी डॉ अजय भंडारी को राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्ति किया है